अगले तीन दिन भी मौसम के ख्श्क रहने की उम्मीद है

स्प्रीम कोर्ट के म्ख्य नयायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अगुवाई वाले पांच सदस्यीय पीठ ने कहा कि लोगों को उन सभी उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि यदि कोई है तो उसके बारे में जानने का हक है और राजनीतक दल अपने उम्मीदवारों से जुड़ी सारी जानकारियां वेबसाइट पर देने करने के लिये बाध्य है मुख्य न्यायाधीश ने एक जनहित याचिका पर दिये पर दिये गये फैसले में कहा है कि संसद ये निश्चित करे कि अपराधी राजनीति न आये और इस सम्बध में कानून बनाने की राय भी दी ताकि राजनीति का अपराधीकरण रूक सके केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा है प्रधानमंत्री जन अरोग्य योजना श्रू किये जाने के पहले दिन एक हजार लोगों को लाभ मिला है यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रांची में परसों प्रारंभ की थी

इस योजना मे दस करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा दी जायेगी जो प्रतिवर्ष पांच लाख रूपये की होगी गृहमंत्री राजनाथ सिंह आगामी रविवार को अम्बाला जिले के शाहज़ादप्र में आयोजित होने वाली विकास रैली को सम्बोधित करेंगे सांसद रतन लाल कटारिया व श्रमएवं रोज़गार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने शाहज़ादप्र में रैली स्थल का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि वे केन्द्र सरकार व हरियाणा सरकार के कार्यकाल की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी लोगों को देंगे श्री कटारिया ने कहा कि वे विकास रैली में एक मांग पत्र भी भारत के गृह मंत्री के समक्ष रखेंगे जिसमें नारायण गढ़ क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल फौजी कैंटीन और पंचकूला की तर्ज पर अर्धसैनिक बलों का कोई केन्द्र या अकादमी बनाने जैसी मांगे रखी जायेगी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एंव टोहाना से विधायक सुभाष बराला ने कहा है कि भाजपा सरकार पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय के मंत्र को सशक्त करने वाली सरकार है जो अंतिम छोर तक बैठे गरीब व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कृत संकल्प है आज अम्बाला की नन्यौला अनाज मंडी में विधायक असीम गोयल दवाराआयोजित अंत्योदय रैली को सम्बोधित करते हए श्री बराला ने इस विधानसभा क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री की ओर से साढ़े बयासी करोड़ रूपये की राशि दिये जाने की घोषणा की इसमें दस करोड़ रूपये की राशि एचआरडीएफ के तहत भी शामिल है श्री बराला ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार दवारा जितनी भी योजनायें क्रियानिवत की गई है उनका केन्द्र पंडित दीन दयाल उपाध्याय की विचारधारा से ज्ड़ा हुआ है

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद को खत्म करने के साथ साथ नौकरियों में पारदर्शिता लाने का काम किया है आज शाम नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने खेलों के राष्ट्रीय प्रस्कार वितरित किये उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और भारोन्तोलन की विश्व चैम्पियन मीराभाई चान् को राजीव गांधी खेल रत्न प्रस्कार से सम्मानित किया दोनों को पदक प्रशस्ति पत्र और साढ़ सात लाख रूपये के नदक प्रस्कार राष्ट्रपति ने दिये

उन्होंने आठ खेल प्रशिक्षकों को दोणाचार्य पुरस्कार व चार खिलाड़ियों को ध्यानचंद प्रस्कार दे कर सम्मानित किया

टाउनपार्क में लगी देवी लाल की प्रतिमा पर इनेलों के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं चढ़ाई

प्रदेश के पूर्व वित्तमंत्री संपत सिंह ने भी देवी लाल की प्रतिमा पर प्ष्पाजंलि अर्पित की सोनीपत जिले के उपाय्क्त विनय सिंह ने बताया है किक महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लक्ष्य गर्भावस्था क दौरान पोषण की स्थिति में सुधार करना है तथा गर्भाधारण करने वाली माताओं को तीन किशतों में पांच हजार रूपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है

पहली बार गर्भाधारण करने वाली माता को मदर चाईल्ड प्रोटेक्शन कार्ड बनवाना होता है जो सम्बधित स्वास्थ्य केन्द्र से बनता है गर्भाधारण करने वाली महिला को इस कार्ड में पंजीकरण करवाना होगा और फिर इसकी पहली किश्त में एक हजार रूपये दिये जायेंगे उस माता का हैल्थ चैकअप करवाने पर द्रसरी किश्त दो हजार रूपये की मिलेगी तथा बच्चा पैदा होने के बाद उसका पूर्ण टीकाकरण करवाने पर तीसरी किश्त दो हजार की माता को दी जायेगी हरियाणा और पंजाब में पिछले तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद आज का दिन आमतौर पर सूखा रहा भारी वर्षा ने दोनों राज्यों के कई क्षेत्रों में जनजीवन को अस्तवस्त कर दिया था और खरीफ की फसल को कई जगह न्कसान भी पहंचाया है मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि दोनों राज्यों में अगले तीन दिन भी श्ष्क रहेंगे तथा एक जगहों में हल्की वर्षा हो सकती है चंडीगढ़ में अगले तीन दिन बादल छाये रह सकते है पिछले तीन दिनों से लगातार जारी बरसात के चलते फतेहाबाद जिले से ग्जरने वाली घग्गर नदी में बढ़े जल स्तर ने टोहाना व जाखल क्षेत्र के लोगों की चिंताए बढ़ा दी है कई जगह पर नदी के किनारे कमजोर होने से इसके आसपास रहने वाले लोग और किसानों मे अफरा तफरी मच गयी थी बढ़ता जल स्तर उनकी फसलों को न्कसान पहंचायेगा इस आंशका के साथ किसान नदी की धारा व मात्रानापते दिखे

अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन को उड़ा देने की धमकी मिली है स्टेशन निर्देश बी एस गिल को मिले एक पत्र में कहा गया है कि स्टेशन के अलावा अम्बाला के मंदिरों को भी निशाना बनाया जायेगा